सूवना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने इसका उद्घाटन किया

फीचर फिल्म श्रेणी में जो पहली फिल्म प्रस्तुत की गई यह है मलयालम की ओलु इसका निर्देशन शाजी कारून ने किया है गैर फीचर फिल्म श्रेणी में दिखाई गई पहली फिल्म है खरवास जिसे आदित्य सुहास झम्बाले ने निर्देशित किया है हमारे संवददाता ने बताया कि भारतीय पैनोरमा में देशभर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को शामिल किया जाता है और ये आंचलिक सिनेमा और प्रतिभाशाली फिल्मकारों के लिए एक उत्कृष्ट मंच साबित हुआ है सूवना और प्रसारण मंत्री राज्यक्षन सिंह राठौर ने आज गोवा के पणजी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर मल्टी मीडिया डिजिटल प्रदर्शनी का उदघाटन किया सेल्यूलॉइड पर महात्मा नाम से इस प्रदर्शनी में दर्शको को डिजिटल अनुमय प्राप्त होगा इस प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अमिलेखागार ने सुवना प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आउटरीच और संचार विभाग के साथ मिलकर किया है इस अवसर पर श्री राठौर ने कहा कि यह एक बहुत ही भव्य प्रदर्शनी है प्रदर्शनी में प्रश्नोत्तरी खेल और संवाद का भी आयोजन किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे भी इस अवसर पर मौजूद रहे प्रदेश की परिवार कल्याण मंत्री रीता बहुगणा जोशी ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है इस योजना में देश भर के उन लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाये प्रदान की जा रही हें जो अपना समुचित इलाज कराने में सक्षम नही हैं श्रीक्ती जोरी आज सीतापुर में नवीन गल्ला मण्डी परिसर में आयुष्मन भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित एक समारोह को सम्बोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में पांच करोड़ परिवारों को इस योजना का लाम मिलने जा रहा है इस अवसर पर श्रीमती जोशी ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित पत्रों का वितरण किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार मेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल र्देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीघे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं केंद्र सरकार ने देश के हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना शुरू की है हमारे लखनऊ संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में सौमाग्य योजना के तहत उन घरों में भी विजली पहुंची जो आजादी के बाद से ही अंधरे में थे

मेरठ में पचास हजार से अधिक घरों को बिजली कनेकान दिये गये हैं दल्लेंडा चौहान गांव में इस योजना की एक लामार्थी साक्षी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा बाइट सानी जब से सौमाग्य योजना आई है तब से बहत ज्यादा सुधार आने लगा है जैसे गांव में अब लाईट टाइम पर आ रही है पंखे भी चल रहे हैं पढ़ भी पा रहे हैं हमलोग पहले दिन में पढ़ना पड़ता था अब रात को भी पढ़ पा रहे हैं

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज प्रदेश भर में भक्ति भावना के साथ आस्था पूर्वक मनाया गया इस मौके पर मिलाद महफिलों के आयोजन किये गये राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद ए मिलाद उन नवी पर्व की बघाई दी है राज्यपाल ने अपने बघाई संदेश में कहा कि हजरत मोहम्मद साहब ने इंसान को इंसान से जोड़ने आपसी भाईचारा और दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान की जो शिक्षा दी थी वह किसी वर्ग विशेष के लिये नही बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिये थी मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि यह पर्व समाज में शान्ति और सद्भाव को बढ़ाने के लिये नयी प्रेरणा देगा